प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि विभिन्न मंत्रालय और राज्य भारत में आने वाले लोगों की जांच से लेकर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने तक मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि एकजुट होकर काम करने और अपना बचाव सुनिश्चित करने के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय जरूरी हैं

कोरोना वायरस को देखते हुए देश में इनकी जरूरत बढ़ने की संभावना के कारण निर्यात पर यह रोक लगाई गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन समाचार और रेडियो चनलों से कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किये गये संशोधित यात्रा परामर्श का पर्याप्त प्रचार प्रसार करने को कहा है मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि एफएम रेडियो और समाचार चनल इस बारे में समय समय पर सूचनाएं दे सकते हैं

एक टवीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपायों की एक सूची जारी की है इसके तहत लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है जब भी हाथ गंदे दिखें तो लोगों को उन्हें साबुन से बहते पानी से धोना चाहिए अगर हाथ गंदे नहीं दिखें तो सेनेटाइजर का उपयोग किया जा सकता है वहीं इस्तेमाल किए गए टिशू पेपर को तत्काल कूडेदान में फेंक देना चाहिए और लोगों को खांसते और छोंकते समय मुंह को ढंक लेना चाहिए लोगों को सार्वजनिक जगहों पर न थूकने की सलाह दी गई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क से दूर रहने का परामर्श दिया गया है जिसको खांसी या बुखार हो इसके अतिरिक्त लोगों को जानवरों या कच्चे या अधपके मांस के संपर्क मे आने से भी बचना चाहिए साथ ही खेतों पश् बाजारों या उन जगहों पर जाने से बिलकुल बचना चाहिए जहां पश् वध किया जा रहा हो

दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पेसेंजर्स हैं जो भी बाहर की किसी भी जगह फ्लाईट से आएंगे तो हम लोग उन सबकी स्क्रीनिंग करेंगे

बाइट दिल्ली सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में एन्टीस्पेट करके की अगर कल को केसेज इत्यादि की संख्या किसी भी कारण से बढ़ती है या आईसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टिड लोगों को भी पॉर्पर फेसलेटिज में आईसोलेट करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी अपने सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की जो आईसोलेशन की फेसेलेटी तुरंत डेवेल्प कर लें राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने आज मुजफ्फरनगर जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण किया तथा परिषदीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंच कर छात्रों से बातचीत की इसके अलावा उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया राज्यपाल ने प्रदेश में महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मौत पर चिन्ता जताते हुए कहा कि महिलाओं की देखभाल में उनके पति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है

उन्होंने कहा कि किसान के उत्पाद की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसान अपने उत्पाद को विश्व में कही भी बेच सके

उन्होंने महिलाओं से भी खेती और पश्रपालन में आगे आने की अपील की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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षक सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं वह देश का भाग्य विधाता होता है उन्होंने कहा कि शिक्षक को चुनौतियों से भागना नहीं उन्ह चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिये श्री योगी आज लखनऊ में आयोजित बेसिक शिक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे बाइट एक शिक्षक को सर्वज्ञ होना चाहिये एक शिक्षक हमारे वर्तमान की और आने वाली पीढ़ी को उन चुनौतियों से जूझने के लिये तैयार करने वाली एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिये शिक्षकों की जो चुनौतियों से भागने की बजाए चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता अपने अन्दर पाल सके अपने अन्दर तैयार कर सके और उसके अनुरूप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी तैयार कर सके मूख्यमंत्री ने शिक्षकों से जनगणना सहित सभी कार्यो में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की समाज के बारे में जानकारी बढ़ेगी और वह बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों में शिक्षण कार्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है छात्रों को यूनिफार्म किताबें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई बाइट हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है ओर सकारात्मक सोच के साथ आगे के लिये ही मैं सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद से भी एक शिक्षक उसको सर्वज्ञ बनना पड़ेगा उसको अगर बेसिक शिक्षा जो आधार है हमारी अगर इससे जुड़ा हुआ शिक्षक यह कहेगा कि मैं इस कार्य से नहीं जुडूगा कभी नहीं हो पायेगा कभी वह कुछ अपने साथ भी न्याय नहीं कर पायेगा उन बच्चों के साथ भी न्याय नहीं कर पायेगा

राजधानी लखनऊ कन्नौज कानपुर हमीरपुर सहित कई जनपदों में आंधी और हल्की वर्षा के चलते सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ इस वर्षा को जहां फसलों के लिये लाभदायक बताया जा रहा है वहीं तेज हवाओं के कारण फसलों के गिर जाने से काफी नुकसान की संभावना बताई गई है लखनऊ में अचानक आई तेज आंधी और बूंदाबांदी के चलते कई स्थानों पर बिजली के खम्भे पेड़ टूट कर सड़क पर गिर गये जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ